हिमाचल के छः जिलों शिमला सिरमौर सोलन बिलासपुर हमीरपुर और ऊना में यह सुविधा शुरू की जाएगी

बिकम उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में उपलब्ध निर्वाध और सस्ती बिजली के कारण राज्य सरकार निवेशकों को उद्योग मित्र वातावरण तथा विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर रही है बिकम ठाकुर ने एक बयान में कहा कि प्रदेश को सही मायने में देश का औद्योगिक हब बनाने के प्रयास किए जा रहे है और इसके लिए विभाग लक्ष्य दस्तावेज तैयार कर रहा है उन्होंने कांगड़ा के डाडासीबा के चनोर गांव को औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए चयनित करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया मनरेगा केंद्र ने प्रदेश में मनरेगा कार्यों के लिए दूसरे चरण में पहली किश्त के रूप में पांच करोड़ रूपए मंजूर किए हैं यह राशि राज्य सरकार को मनरेगा के कार्यो के लिए सामग्री व प्रशासनिक कार्य के लिए जारी की गई है प्रदेश की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बाकी किश्तें जारी की जाएंगी मार्ग अवरूद्व मंडी जिले के बनाला में चंडीगढ़ मनाली राष्टीय उच्च मार्ग भूस्खलन के कारण यातायात के लिए अवरूद्व है मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हालांकि छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा है जिला प्रशासन के मुताबिक आज दोपहर तक मार्ग बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं सुर्खियां समाचार पत्रों से आज सभी समाचार पत्रों ने टीसीपी रूल में संशोधन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं सेना में फर्जी दस्तावेज के सहारे मर्ती पर एफआईआर

पंजाब केसरी ने उद्योग मंत्री विक्रम सिंह के हवाले से लिखा है हिमाचल को फास्ट मूविंग स्टेट्स में प्रथम स्थान हिम केयर में मर्ज हुई हैल्थ बीमा स्कीमें हिमाचल दस्तक की एक खबर है

अमृतसर विस्फोट के बाद प्रदेश में बढ़ाई चौकसी शीर्षक से अजीत समाचार ने खबर दी है पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमा पर लगाए नाके दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में पांच आतंकवादी घुसने की अफवाह से हड़कंप अमर उजाला की एक खबर है जयराम सरकार ने मिल्कफेड गड़बड़झाले की खोली फाइल पत्र के अनुसार शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर बना पहला सेल्फी प्वाइंट चंडीगढ़ मनाली एनएच पर यातायात बाधित होने को अंग्रेजी समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने शीर्षक दिया है लैंडस्लाइड हिटस ट्रैफिक ऑन चंडीगढ़ मनाली हाइवे टाइम्स ऑफ इंडिया के शब्द हैं लैंडस्लाइड नियर मनाली ब्लॉकस चंडीगढ़ मनाली हाइवे एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर राहत और रिश्ते शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है हिमाचल के हर परिवार को चिकित्सा कवरेज के तहत पांच लाख तक का स्वास्थ्य लाभ मिलने से जहां आम नागरिकों की सहुलियतों में इजाफा होगा वहीं इन्वेस्टर मीट के नए वादे को रेखांकित करता मंत्रिमंडलीय इरादा अपने मजमून की इबारत पुनः लिख रहा हैं आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है यह विकम खेमटा का पराकम ही था कि उन्होंने काल कोठरी में तनाव हावी नहीं होने दिया और कलम के दम पर सिविल परीक्षा की उपयोगी पुस्तक लिख डाली शीर्षक है जेल में जलवा